स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है सरकार द्वारा टैस्ट ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी है और मृत्यु दर भी घटी है इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव सात छह है

वहीं टीकमगढ़ जिले में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के पांच संक्रमित मिले हैं

कोरोना संकमण के कारण प्रत्येक बूथ पर मौजूदा मतदाताओं में से एक हजार ही वोट डाल सकेंगे शेष मतदाताओं के लिये नये बूथ बनाए जाएंगे

इस पक्ष के दौरान लोग पवित्र सरोवरों और नदियों में पितरों के स्मरण में तर्पण करते हैं इस बार कोरोना संकमण के चलते आज प्रदेश के विभिन्न सरोवरों और नदियों में श्रद्वालुओं ने प्रशासन के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों सहित अन्य नियमों का पालन करते हुए तर्पण किया उज्जैन में श्राद्व पक्ष में तर्पण का बड़ा महत्व है

उज्जैन होशंगाबाद जबलपुर सहित अन्य नदियों के किनारे बसे शहरों और गांवों में लोगों ने कोरोना से बचाव के उपाय बरतते हुए अपने पितरों का तर्पण किया